उच्चतम न्यायालय ने त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया पर लगाई रोक जिंदगी और मौत से संबंधी मामलों पर ही होगी त्वरित सुनवाई मुख्यमंत्री ने कहा है कि बूधनी इंदौर रेल मार्ग को औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जायेगा मोदी पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन्स ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया

यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यो के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछ्आरों और किसानों के प्रति सम्मान है इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को समझते हैं और जलवायु से मिलने वाले फायदों को जानते हैं श्री मोदी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का हल निकालने के प्रयास कर रहे हैं कार्यकम को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संबोधित किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो गए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत के प्रधान न्यायाधीश की शपथ लेने पर बधाई दी है एक ट्विट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि न्यायमूर्ति गोगोई के अनुभव बुद्विमता ज्ञान और कानून की जानकारी से देश को बहुत फायदा होगा प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे कार्यकाल के लिये भी शुभकामनाएं दी

इस योजना के प्रदेश में भी सार्थक परिणाम समाने आ रहे है इसके अन्तर्गत खण्डवा जिले मेंएक वर्ष के अन्दर हजारों की संख्या में लोग एलईडी बल्बों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे लाखों रूपये के बिजली बिल की बचत हुई है

केवल जिंदगी और मौत से संबंध मामलों पर ही त्वरित सुनवाई होगी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कामकाज सम्भालते ही न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा कि मेन्शनिंग की प्रकिया के लिये पहले पैरामीटर तय किये जायेंगे और उसी के अनुरूप किसी याचिका की त्वरित सुनवाई का निर्धारण किया जायेगा न्यायमूर्ति गोगोई ने उस वक्त यह बात कही जब कुछ वकिलों ने मुख्य न्यायाधीश का पद सम्भालने के लिये उन्हें बधाई दी और एक मामले की त्वरित सुनवाई का आग्रह करते हुए मामले का विशेष उल्लेख किया उन्होंने सुनवाई के कम में यह भी स्पष्ट कर दिया कि मामले में पासओवर भी नहीं दिया जायेगा

भोपाल स्थित पॉलिटेक्निक चौराहे पर कुछ आशा कार्यकर्ता टॉवर पर चढ़ गई इस दौरान एक आशा कार्यकर्ता गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई साथ ही इनको उतारने के लिये चढ़ी दो महिला पुलिसकर्मी भी टॉवर से गिरकर घायल हो गई घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद पुलिस ने आशा कार्यकर्ताओं को गिरफतार कर लिया है सैकड़ों आशा और ऊषा कार्यकर्ताएं दो दिन से राजधानी भोपाल में अपना मानदेय बढ़ाने और नियमित किए जाने की मांग पर अड़ी हैं सैनिक रैली भूतपूर्व सैनिकों और सैनिक परिवारों की समस्याओं के निवारण के लिये सात अक्टूबर को सैनिक रैली का आयोजन बैरागढ के ईएमई सेंटर स्थित जीत स्टेडियम में किया जायेगा इस रैली में भोपाल रायसेन सीहोर विदिशा और होशंगाबाद जिले के भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग भाग ले सकते हैं कर्नल यशवंत सिंह द्वारा विज्ञप्ति में बताया गया है कि रैली में पेंशन संबंधी चिकित्सा सुविधा शासकीय नौकरी में आरक्षण दिये जाने के सम्बंध में अलग अलग स्टाल लगाकर जानकारियां उपलब्ध करवाई जायेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी इंदौर रेल मार्ग को औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जायेगा इस रेल मार्ग से रेहटी नसरुल्लागंज खातेगाँव और कन्नौद क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी तथा रोज़गार के नये अवसर पैदा होंगे श्री चौहान ने कल सीहोर जिले में बुधनी बरखेड़ा रेल खण्ड पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए यह बात कही

अजय विरोध नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को अवैधानिक और मनमाना बताया है उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराने की मांग की है श्री सिंह के द्वारा आज भोपाल में जारी एक बयान में आरोप लगाया है कि भाई भतीजों और अपने लोगों को उपकृत करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और केंद्रीय सूचना आयोग की चयन प्रक्रिया की अवहेलना की है और सूचना के अधिकार की मूल मंशा और उद्देश्यों को नष्ट कर दिया है ट्रांसमीटर प्रदेश के सिवनी जिले में सांसद बोधसिंह भगत ने आज सौ वाट एफ एम ट्रांसमीटर की आधारशिला रखी ट्रांसमीटर के शुरू होने के बाद सिवनी और इसके आसपास के दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग एफएम कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकेंगे इस मौके पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अपर महानिदेशक पश्चिम क्षेत्र एसके अरोरा सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे

छात्रों को नेत्रों की उचित देखभाल की समझाईश दी गई